चनाव प्रचार के लिए महज अब तीन दिन शेष बचे हैं भाजपा कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों सहित निदर्लीय प्रत्याषियों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से कुछ देर बाद जयपुर के मानसरोवर में पार्टी प्रत्याषियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे

भाजपा नेता वसुंधरा राजे प्रदेष अध्यक्ष मदन लाल सैनी वी सतीष अविनाष राय खन्ना भूपेन्द्र यादव डॉ महेष यादव तथा गुलाब चंद कटारिया ने भी आज विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में पार्टी का प्रचार और चुनावी सभाएं कीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने आज जयपुर जिले के चाकसू तथा अवलर जिले के गोविन्दगढ तथा जनसभाएं कीं गोविंदगढ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उन्होंने कम समय में समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने का काम किया है उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार होगी तो राज्य के विकास में मदद मिलेगी इससे पहले आज जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने दावा किया है कि चुनाव में अंडर करंट चल रहा है और चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आयेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक मतदान होने से भाजपा को नुकसान होगा श्री गहलोत ने भाजपा पर नौजवानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि देश में मोबाईल और इंटरनेट जैसी आधुनिक चीजें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नीतियों के कारण आये है कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज नीम का थाना तथा महआ में च्नावी सभाओं को संबोधित किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले पांच साल में एनडीए की सरकार के कारण देश में निराशा फैली है उन्होंने भाजपा पर देश की जनता का विश्वास तोडने का आरोप लगाया श्री शर्मा ने कहा कि सरकार बदलने पर नोटबंदी की जांच की जाएगी बीकानेर में ही एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए असम के प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव देश की दशा और दिशा को परिवर्तित कर देगा उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल देश की आवश्यकताओं के थे लेकिन आने वाले पांच साल देश की आकांक्षाओं के होंगे इस समय में देश हर तरह से मजबूत होगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल अलवर जिले के बानसूर जयपुर जिले के सांभर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कल जयपुर के चौमू में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करने का कार्यक्रम है

इससे पहले कल नामांकन पत्रों की जांच की गई

बासनी पुलिया पर मानव श्रृंखला भी बनाई गई करोली में आज मानव श्रृंखला बनाई गई और कलेक्ट्रेट में कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस सीट पर मुकाबला दो ओलंपिक खिलाडियों के बीच होने से ये सीट चर्चा में है

भारत की ही अंजुम मोडगिल ने विश्व रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है

विस्फोट में मारे गए लोग गढचिरौली पुलिस के त्वरित कार्रवाई दल के सदस्य थे ये पुलिसकर्मी वाहन जलाए जाने की घटना वाली जगह जा रहे थे इन पुलिसकर्मियों को वाहन जब कुरखेड़ा क्षेत्र के लेंधारी नाले के पास पहुंचा तभी धमाका हो गया गढचिरोली नक्सली हमले की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ऐसी हिंसा को अंजाम देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नक्सली हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है